कल शाम मुंबई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से भेंट की और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की

शिमला के पोर्टमोर स्कूल में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों का अध्यापकों के प्रति सम्मान व श्रद्धा बढ़ाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेली मैडिसन परियोजना के माध्यम से भरमौर किन्नौर और सिराज जैसे दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं

इनमें हिमाचल में बहने वाली सतलुज ब्यास व रावी और जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब और झेलम नदियां शामिल हैं